मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय सीमा के भीतर किसानों को गेहूं खरीद की राशि का भूगतान करने का दिया निर्देश

और बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई बहत्तर

केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के मद्देनजर नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है यह अनुमति ऐसे क्षेत्रों में बीस अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोरोना संक्रमण से सुरक्षित घोषित किये जायेंगे

दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की अनुमति होगी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है ऐसे लोग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर बिजली निर्माण संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा प्रसारण डीटीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलैंक्ट्रोनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है कोविड उन्नीस महामारी के कारण फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाएं दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल होमस्टे लॉज और मोटल काम करते रहेंगे केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे पूर्णबंदी के दूसरे चरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश कल से लागू हो गए हैं सरकार ने बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में अधिसूचित सेवाओं में बीस अप्रैल से थोड़ी ढील दी है लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं इनके अनुसार खेतीबाड़ी और बागवानी संबंधी कार्य पूरी तरह से जारी रहेंगे

इसके अलावा किसानों किसानों के समूह किसान उत्पादक संगठनों और सहकारिता को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है

एग्रीकल्चर मशीनरी कीटनाशको और बीज की खुदरा बिक्री की भी अनुमति होगी इसके अलावा बागवानी उपकरणों एवं कटाई और ब्रवाई से संबंधित मशीनों के राज्य के अंदर आवागमन की अनुमति दी गई है मछली पकड़ने और जलीय कृषि उद्योग के संचालन की भी अनुमति दी गई है कमर्शियल एक्वेरिया और मछली उत्पादन जैसी सभी गतिविधियों के लिए श्रमिक की आवाजाही की अनुमति होगी वृक्षारोपण में केंद्र ने चाय कॉफी और रवर के बागानों के संचालन की अनुमति दी है वहीं दुन्व प्रोसेसिंग प्लांट द्वारा दूध उत्पादकों के संग्रह और डिस्ट्रीव्यूशन और विक्री का काम भी जारी रहेगा इसके अलावा पश्पालन फार्मो और गौशालाओं सहित पश्न आश्रय गृहों के संचालन की भी अनुमति दी गई है सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनरेगा कार्य को भी अनुमति दी गई है आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली देशभर में अब तक कोविड़ उन्नीस की पुष्टि वाले कुल ग्यारह हजार नौ सौ तैंतीस मामले दर्ज किए गए हैं इनमें से एक हजार तीन सौ तैंतालीस रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है जबकि तीन सौ बानवे लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि देश के जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है ये हैं हॉटस्पॉट जिले गैर हॉटस्पॉट जिले और हरित क्षेत्र वाले जिले अधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट जिले वे हैं जहां बड़ी संख्या में कोविड उन्नीस के मामले आ रहे हैं या इस रोग के बढ़ने की रफ्तार अधिक है गैर हॉटस्पॉट जिले वे होंगे जहां कोविड़ उन्नीस के रोगियों का पता लगा है तथा हरित क्षेत्र वाले जिले वे होंगे जहां एक भी रोगी नहीं है अधिकारी ने बताया की अब तक एक सौ सत्तर हॉटस्पॉट जिले और दो सौ सात गैर हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की गई है

हॉट स्पॉट डिस्ट्रीक का मुख्य क्राइट एरिया है वह जिले जहां पर या तो ज्यादा केसज आ रहे हैं या दूसरे शब्दों में कहे तो डबलिंग रेट ऑफ द केसज वहां पर कम है राजधानी पटना और वैशाली जिले में कोरोना पॉजिटिव एक एक मरीज की प्रष्टि के बाद राज्य में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर बहत्तर हो गई स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि देर शाम आई रिपोर्ट में पटना के एक वृद्ध और वैशाली के एक युवक को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है उन्होंने बताया कि पटना में मिला मरीज दुबई से लौटे एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुआ है हालांकि वैशाली के पॉजिटिव मरीज की ट्रैवल हिस्टी एवं अन्य जानकारियां पता लगाई जा रही है इससे पूर्व आई रिपोर्ट में नालंदा में दो महिला और एक पुरूष वहीं मुंगेर में एक वृद्ध को कोरोना वायरस से संकमित पाया गया है प्रदेश में अब तक पैंतीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस समय देश में एक सौ सत्तर हॉट स्पॉट और दो सौ सात नॉन हॉट स्पॉट जिले हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी जिलों को समर्पित कोविड उन्नीस अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र और कोविड केयर सेंटर स्थापित करने को कहा गया है उन्हें समुचित फार्मास्युटिकल और नॉन फार्मास्युटिकल कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा संक्रमण नियंत्रण में लगे सभी कर्मचारियों को संबंधित जानकारी देने तथा संबंधित कर्मचारियों को क्लीनिकल प्रबंधन का प्रशिक्षण देने को भी कहा गया है उन्होंने कहा कि हर जिला सतर्कता पूर्वक कार्य करेगा तभी सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी

जिलो को कहा गया है कि एक की फेलियर पूरे देश के फेलियर का कारण हो सकता है इसलिए जरूरी है कि कन्टेनमेंट प्लान पूरे देश में हर जिले में यूनिफॉर्मली इम्पलीमेंट हो सबकी इंडिव्युजल सक्सेज ये देश की सक्सेज का कारण बनेगी गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के संबंध में छूट देने का आदेश जारी किया गया जो हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट जोन नहीं है इन क्षेत्रों में लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला तथा इन वस्तुओं की बिक्री संबंधी दुकाने खुली रहेंगी ताकि नागरिकों को कोई समस्या न हो

इस तरह के जो नेशनल कोविड डायरेक्शन हैं उनकी अनुपालना सख्ती से होगी उसका अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर पेनल्टी जारी की जाएगी और दूसरी बात ये कही गई है कि जितने भी औद्योगिक या वाणिज्यिक या और भी कार्य स्थल है वर्क प्लेसेज है वहां पर एक स्ट्रेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल एसओपी जो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से बनाया गया है और जो इन गाइडलाइन्स के साथ संलग्न है उसकी अनुपालना होना आवश्यक है अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली के किसी भी घटक के कामकाज पर कोई प्रतिबंध नहीं है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा कार्यों की अनुमति दी जाएगी लेकिन समुचित सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है राज्य में दो लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के प्रधान सचिव के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में कहा कि लॉक डाउन के दौरान कृषि कार्यो में कोई रोक नहीं है उन्होंने समय सीमा के भीतर किसानों को गेहूं खरीद की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने कहा कि फसल कटाई की भी मॉनिटरिंग करायी जायेगी साथ ही बाढ़ से सुरक्षात्मक कार्यो और लॉक डाउन के दौरान रोजगार सुजन से जुड़े कार्य भी प्रमुखता से कराये जायेंगे बैठक में गेहूं की खरीद पैक्सों के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया केन्द्र सरकार ने नई दिल्ली के कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया इससे लॉकडाउन के दौरान जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को एक से दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचाया जा सकता है

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की पहल से राज्यों के बीच तालमेल के लिए अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की चौबीसों घंटे सेवा शुरू की गई है कोरोना वायरस संक्रमण के अति संवेदनशील स्थानों के रूप में चिन्हित नवादा नालंदा सीवान और बेगूसराय जिले में आज से घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी यह अभियान इन जिलों के आठ हजार गांवों में चौबीस अप्रैल तक चलाया जायेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके साथ ही राज्य में अब तक जो भी पॉजिटिव मामले आये हैं उनके आवासीय परिसर के तीन किलोमीटर के दायरे में भी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जायेगा श्री कुमार ने बताया कि राज्य भर में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर इस अभियान में आंगनबाड़ी सेविका और स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे इस दौरान सर्वेक्षण भी होगा एक फार्मेट में प्ररी सूचना एकत्र की जायेगी और लक्षण के बाद जांच के आधार पर संदिग्ध लोगों को क्वारेनटाईन में रखा जायेगा हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल ने अपनी तरह का पहला कोविड नमूना संग्रह किऑस्क विकसित किया है

डीआरडीएल के परियोजना निदेशक डॉक्टर जयतीर्थ जोशी ने बताया कि इस किऑस्क को विकसित करने के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है

स्प्रिंकलर ऐसी जगह में पोजीशन किए हैं छह जगह में सो दैट द इन टायर एरिया पूरे डब्बे में कंप्लीट डिसइनफेक्ट हो जाएगा कोविड उन्नीस महामारी से लड़ाई में प्रौद्योगिकी ने लोगों की बहुत मदद की है इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लगभग बीस विशेषज्ञों की टीम ने मात्र दस दिन में आरोग्य ऐप विकसित किया इस ऐप की शुरूआत से तेरह दिन के अंदर ही पांच करोड़ से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं

यदि आपके फोन में यह ऐप है तो आप खुद के साथ अपने परिवार को भी कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रख सकते है यदि आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आते है तो यह ऐप आपको अलर्ट भेजकर सूचित करता है

वहीं दूसरी ओर कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर देकर आप कमी भी स्वयं अपने स्वास्थ्य का विश्लेषण इस ऐप के माध्यम से कर सकते है बेहतर परिणामों के लिए यह आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करें आकाशवाणी समाचार कर्मियों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके अपने सहकर्मियों को कोराना से सुरक्षित किया है आपसे भी यह अनुरोध है कि आप भी इसे डाउनलोड करके अपने स्व जनों और स्वयं को भी सुरक्षित करें घर में ही रहें और नवीनतम जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार सुनते रहें आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्दी में बीडीओ और एसडीएम पर हमला के मामले में सैंतीस नामजद और एक सौ पचास अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है कोरोना और संक्रमण औरा चमकी बुखार के प्रति लोगों को जागरूक करने के दौरान स्थानीय लोगों के पत्थराव से दो पुलिसकर्मी समेत हेत्थ मैनेजर घायल हुए थे सुपौल निवासी डॉक्टर जे पी यादव की दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी डॉक्टर यादव दिल्ली के महरौली में पदस्थापित थे और कोविड उन्नीस के स्क्रीनिंग टीम के प्रमुख थे खगड़िया जिले में लॉक डाउन का उल्लंघन करने के मामले में पच्चीस लोग पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में अगले अड़तालीस घंटे के दौरान ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के उत्तर और पूर्वी जिलों के कई क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटे के दौरान भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है कई जिलों में खेतों में लगी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है इस दौरान मुंगेर जिले में ठनका गिरने से दो लोगों की मौत हो गयी इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून ग्यारह जून को प्रवेश करेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां लॉकडाउन के दूसरे चरण के अनुपालन से संबंधित नयी गाइड लाइन की खबर हिन्द्रस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और दैनिक भास्कर समेत आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है इसके अलावा बिहार के चिन्हित आठ हजार गांवों में आज से घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करने से जुड़ी खबर को राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय सीमा के भीतर किसानों को गेहूं खरीद की राशि का भूगतान करने का दिया निर्देश

और बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई बहत्तर